अब राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या कुल मिलाकर उनतीस हो गयी है

राज्य के सत्रह जिले के लोगों को बीस अप्रैल से कुछ हद तक सषर्त छूट मिल सकती है इन जिलों में आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां षुरू हो सकती है ये सत्रह जिले वैसे हैं जहां कोरोना वायरस से संक्रमण के एक भी मामले अबतक सामने नहीं आये हैं इसलिए केंद्र सरकार ने इन जिलों को ग्रीन जोन में षामिल करते हुए छूट देने का निर्णय लिया है जिन जिलों को छूट मिलेगी इनमें पलामू प्रमंडल के पलामू लातेहार व गढ़वा जिले शामिल हैं संथाल परगना के देवघर जामताड़ा गोड्डा साहिबगंज और पाकुड़ जिले शामिल हैं वहीं कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम पष्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसांवा जिले शामिल हैं जबकि उत्तरी छोटनागपुर के चतरा व रामगढ़ तथा दक्षिण छोटानागपुर के गुमला लोहरदगा और खूंटी जिले शामिल हैं केंद्र ने रांची और बोकारो जिले को कलस्टर के साथ हॉट स्पोट रेड जोन में शामिल किया है वहीं हजारीबाग कोडरमा और गिरिडीह नन हॉट जिलों में शामिल हैं इन सभी जिलों में अभी कोई छूट नहीं दी जायेगी रेड जोन वाले जिलों में आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां उस समय षुरू हो पायेंगी जब ये जिले ग्रीन जोन में षामिल होंगे इसके लिए रेड जोन के किसी जिले में चौदह दिनों तक कोई कोरोना संक्रमित नहीं मिला तो वह जिला ऑरेंज जोन में शामिल हो जायेगा ऑरेंज जोन में भी चौदह दिनों तक अगर कोई मरीज नहीं मिलता है तो वह जिला ग्रीन जोन में शामिल हो जायेगा इस तरह कुल मिला कर रेड जोन वाले जिलों में अठाइस दिनों तक कोई कोरोना पोजिटिव व्यक्ति नहीं पाया जायेगा तभी वह जिला ग्रीन जोन में शामिल होगा पूर्णबंदी के दूसरे चरण के संशोधित दिशा निर्देश कल से लागू हो गये हैं ऐसे इलाके जो संक्रमण प्रभावी नहीं हैं उन इलाकों में बीस अप्रैल से सशर्त छूट दी जाएगी लॉकडाउन का कडाई से पालन कराने के लिए कई निर्देश जारी किये गये हैं सभी कार्य स्थानों पर आगंतुकों और कर्मियों के तापमान की जांच की व्यवस्था अनिवार्य है कार्यालय में सुविधाजनक स्थानों पर सैनिटाइजर की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी होगी प्रत्येक कार्य स्थल संपूर्ण सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करने के लिए हर शिफ्ट के दरमियान एक घंटे का अंतराल सुनिश्चित करेंगे सेवाकर्मियों को एकसाथ भोजनावकाश नहीं दिया जाना चाहिए और साथ ही साथ उनके बैठने की व्यवस्था निश्चित करते समय सीटों के बीच कम से कम एक एक मीटर की दूरी का ध्यान रखना अवश्य होगा

पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों के माता पिता को भी घर से काम करने के लिए कहा जाना चाहिए कार्यालयों में आयोजित बैठकों में कम से कम लोगों की संलिप्तता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए राज्य के धनबाद जिले में कल एक व्यक्ति को कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है अब कुल मिलाकर राज्य में उनतीस कोरोना संक्रमित हो गये हैं इनमें से रांची में चौदह बोकारो में नौ हजारीबाग और गिरिडीह में दो दो मरीज मिले हैं जबकि सिमडेगा और धनबाद में एक एक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं इस तरह से राज्य के चौबीस जिलों में से छह जिलों में कोरोना के मरीज मिल चुके हैं साहिबगंज जिला प्रशासन की ओर से लॉकडाउन के दौरान भी बच्चों में शैक्षणिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए ऑनलाइन पेंटिंग एवं स्केच प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है

गिरिडीह जिले के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य सरकार झारखंड से बाहर रह रहे प्रवासी मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए गम्मीर है झारखंड सरकार ने ऐसे लोगों को मदद करने के लिए झारखंड कोरोना सहायता एप लॉच किया है उन्होंने बताया कि इस एप को डाउनलोड कर झारखंड से बाहर रह रहे लोग मदद प्राप्त कर सकते है झारखंड सरकार सीधे उनके खाते में राशि हस्तांतरित कर देगी उपायक्त ने बताया कि गिरिडीह जिले से एक सौ पैंतालीस लोगों के कोरोना नमूने की जाँच भेजे गये हैं इनमें एक पॉजिटिव पाया गया है जबकि नवासी नमूने निगेटिव पाये गये हैं अभी पचपन लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है

यह राहत उन्हीं कम्पनियों को मिलेगी जो देश के सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क में चलाई जा रही हैं इनमें से ज्यादातर इकाई या तो तकनीकी क्षेत्र के सूक्ष्म लघ् और मझौले उपक्रम हैं अथवा स्टार्ट अप हैं इलेक्ट्रानिक और सुचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि ऐसी इकाइयों के पहली मार्च से तीस जून तक के किराए माफ कर दिए गए हैं भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्वायत्त संस्था है देशभर में इसके साठ केंद्र हैं

इससे इन केंद्रों से संचालित लगभग दो सौ इकाइयों को लाभ होगा इन इकाइयों का लगभग पांच करोड़ रुपये का किराया माफ हो जाएगा कैबिनेट सचिव राजीव गॉबा ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा है कि अन्य राज्यों में काम करने वाले मजदूरों और लॉकडाउन के कारण फंसे व्यक्तियों की सुरक्षा आवास और भोजन के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए ये नोडल अधिकारी अन्य राज्यों में काम करने वाले मजदूरों के लिए इंतजाम में समन्वय करेंगे श्री गौबा ने राज्य के मुख्य सचिवों को लिखा है कि वे सभी जिलाधिकारियों को रिथति की समीक्षा करने का निर्देष दें इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार उन्हें मानसिक और सामाजिक परामर्श देने का भी सुझाव दिया है इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आने वाले एक सप्ताह के अंदर राज्य के वैसे मजदूर जो विभिन्न राज्यों में फंसे हैं उन्हें चिन्हित कर आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी श्री सोरेन कल झारखंड मंत्रालय के सभागार में प्रवासी मजदूरों को सहायता पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री विषेष सहायता योजना के तहत मोबाईल एप्प के लॉचिंग कार्यक्रम के अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि इस एप्प से प्रवासी मजद्रों तक पहंचने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उन्हें आर्थिक सहायता पहुंचायी जा सके नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान पच्चीस मार्च से तीन मई के दौरान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के लिए बुक किए गए टिकटों को रद्द कराने पर यात्रियों को पूरा रिफंड मिलेगा इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा मंत्रालय की ओर से विमानन कंपनियों को इस बारे में जरूरी आदेश जारी किए गए हैं मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन अवधि के दौरान यात्रा के टिकटों के रद्द कराए जाने पर यात्रियों को पूरा रिफंड देना होगा यह भुगतान टिकट रद्द करने के लिए किए गए आवेदन की तिथि से तीन सप्ताह के भीतर करना होगा देश में जारी मेडिकल इमरजेंसी के बीच गरीबों को भुखमरी से बचाने के लिए भारत सरकार ने कई प्रकार के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है

गोड्डा जिले में आवष्यक वस्तुओं की उपलब्यता सुनिष्चित करने के लिए प्रषासनिक अधिकारियों ने जनवितरण प्रणाली की दुकानों सहित अन्य दुकानों का निरीक्षण शुरू किया है लॉकडाउन के दौरान दूर दराज के इलाके में अपने घरों में बैठे बच्चों की पढ़ाई रेडियो के माध्यम से शुरू करने की तैयारी मानव संसाधन मंत्रालय कर रहा है इन इलाकों में स्मार्ट फोन इंटनरेट और टेलीविजन जैसी सुविधाएं नहीं होने के कारण ऑनलाइन पढ़ाई संभव नहीं है इन बच्चों को पढ़ाने के लिए एनसीइआरटी को उपयोगी और गुणवत्तापूर्ण ऑडियो सामग्री तैयार करने को कहा गया है केंद्र सरकार ने कॉलेजों और संस्थानों को निर्देश दिया है कि पूर्णबंदी समाप्त होने और सामान्य स्थिति बहाल होने तक फीस के भुगतान का दबाव न बनाया जाए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि कृछ संस्थान विद्यार्थियों पर लॉकडाउन के दौरान प्रवेश शुल्क सहित फीस का भुगतान करने के लिए दबाव बना रहे हैं मंत्रालय ने सभी कॉलेजों और संस्थानों को निर्देश दिया है कि अपनी वेबसाइट पर यह सूचना प्रदर्शित करें और ईमेल के जरिए विद्यार्थियों को भी यह जानकारी दें शिक्षकों के वेतन के भुगतान के मुद्दे पर मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पूर्णबंदी के दौरान शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्ते जारी किए जाएं वहीं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जल्द ही षैक्षणिक कैलेंडर जारी करेंगे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि सरकारी अधिकारियों और कार्यालयों में किसी भी उद्देश्य के लिए जूम मीटिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए मंत्रालय से जारी परामर्श में इस प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के प्रति चेतावनी दी गई है प्राइवेट यूजर को भी यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि इस प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के संबंध में भारत की कम्प्युटर सुरक्षा एजेंसी सर्ट इन की एडवाइजरी का पालन किया जाए यह मुख्य रूप से कान्फ्रेंस में अन्य व्यक्तियों के अनधिकृत प्रवेश और टर्मिनल पर उसकी अनुचित गतिविधि को रोकती है प्राइवेट यूजर को सलाह दी गई है कि पासवर्ड के जरिए अनधिकृत यूजर को रोकने के लिए वेबसाइट पर सर्ट इन एडवाइजरी देखें नोवल कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन के दौरान अनेक देशों में वीडियो कान्फ्रेंस के लिए जूम प्लेटफार्म का उपयोग किया जा रहा है कई प्रमुख कम्पनियों ने सुरक्षा के प्रति बढ़ती चिंता के बीच इस प्लेटफार्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने मात्र पंद्रह दिनों में इकतीस हजार दावों को निपटाते हुए अंशधारकों को नौ सौ छियालीस करोड़ रुपये का भुगतान किया है

खूंटी जिले के दषम फॉल थाना क्षेत्र के चुरगी पंचायत के लोवाहातू के बाड़ेदा गांव में कल नहाने के क्रम में तालाब में ड्रबने से दो बच्चियों की मौत हो गयी दोनों बच्चियां पांच पांच वर्ष की थीं